राज्य में आज अधिकतर स्थानों पर बादल छाये रहने और शीत लहर के कारण जनजीवन प्रभावित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

स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने बताया कि पूर्वाभ्यास में पूरी सावधानी और वैज्ञानिक प्रोटोकॉल की पालना के साथ टीकाकरण प्रबंधन किया गया चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने जयपुर के टीकाकरण केन्द्रों पर जाकर पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया

टोंक में सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने ड्राई रन का जायजा लिया बांसवाड़ा जिले में तीन जगह ड्राई रन हुआ झालावाड़ में जिला कलक्टर ने ड्राई रन का निरीक्षण किया ओर टीकाकरण के लिये चिन्हित स्थानों पर की गई तैयारियों का भी जायजा लिया

जिले में पहले चरण में कोराना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी

ब्रंदी में जिला कलक्टर ने ड्राई रन का निराण किया अजमेर के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल और एक निजी अस्पताल सहित तीन अस्पतालों में ड्राई रन हुआ

आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग द्वारा बुलेटिन में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला शुरू की गयी है आज का प्रश्न है कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिये योग्य है या नहीं इस बारे में उसे जानकारी कैसे मिलेगी इसका जवाब है पात्र लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर के माध्यम से टीकाकरण और इसके निर्धारित समय के बारे में चिकित्सा विभाग द्वारा सूचित किया जायेगा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर दुर्निया में सबसे अधिक है

केन्द्र सरकार की ओर से कोरोना के विरूद्व जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है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

उन्होंने आज चेन्नई में संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पोलियो की तरह ही कोविड का भी उन्मूलन करेगी उन्होंने बताया कि जब से मोदी सरकार ने कोविड संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाये हैं संक्रमण के मामले काफी घट गये हैं और इससे होने वाली मौतों में भी कमी आई है

उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से कानूनों को रद्द करने की बजाय अन्य विकल्प देने को कहा लेकिन इस बारे में किसानों की तरफ से कोई विकल्प नहीं आया जयपुर ग्रामीण के सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने किसानों को सशक्त और सक्षम बनाने के लिये कई कदम उठाये हैं और हाल में लाये गये कानून किसानों के हित में हैं आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में श्री राठौड़ ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और लगातार चिंतन के बाद किसानों की आय बढ़ाने के लिये ये कानून लाये गये उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसान अपनी फसल के दाम तय कर सकते हैं और उनको एक मुक्त बाजार मिला है

प्रदेश में वर्ड फ्लू के चलते पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है

राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने आहवान किया है कि विश्वविद्यालय नवाचारों पर ध्यान देते हुए अपने यहां नवाचार केन्द्र विकसित करने की पहल करें

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए शिक्षक विद्यार्थी तथा प्रशासन एक अभियान की तरह काम करें राजस्थान उच्च न्यायालय ने कांस्टेबल भर्ती के लिये आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है भर्ती परीक्षा के संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने ये आदेश दिया

प्रदेश में आज कोटा भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने और कुछ स्थानों पर ओले पडने के संभावना है

झालावाड़ में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा करौली में दिनभर शीतलहर के कारण लोग घरों में बंद रहे बारां में बादल छाये रहने और कोहरे के करण लोग ध्रूप को तरसते रहे मौसम में दिनभर गलन रही इस बीच माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान दो डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्म में सरकारी डिजिटल केलेंडर और डायरी एप की शुरूआत की

उन्होंने डिजिटल कैलेंडर के बारे में बताया कि यह पर्यावरण अनुकूल है

सरकारी कैलेंडर और डायरी एप गूगल प्ले स्टोर और आईओएस एप स्टोर पर उपलब्ध रहेगा